मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार भाजपा स्पष्ट नीति मज़बूत नेतृत्व और विकासोन्मुखी नीतियों वाली पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में महिला मण्डलों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महानाटी के माध्यम से दिया स्वच्छता व पोषण का संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत सोलन में कार्यशाला का आयोजन

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला दौरे के दूसरे दिन आज सिद्दपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा स्पष्ट नीति मजबूत नेतृत्व और विकासोन्मुखी नीतियों वाली पार्टी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लभान्वित हुए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जन शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धर्मशाला में नवम्बर माह में निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिससे ये शहर विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा

इस बीच मुख्यमंत्री ने बागली और तूंग मेला मैदान में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया को उपचुनाव में भरपूर जनसमर्थन देने का आग्रह भी किया दूसरी ओर धर्मशाला से कांग्रेस उम्मीदवार विजय इंद्र कर्ण के पक्ष में कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित ठाकुर सिंह भरमौरी आशा कुमारी और आशीष बुटेल ने नुक्कड़ सभाएं कर जन समर्थन मांगा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पच्छाद के नैनाटिक्कर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में मतदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में भाजपा सरकार के समय में अनेक विकास कार्य किए गए इससे पहले पच्छाद चुनाव प्रभारी और सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने पच्छाद क्षेत्र की वासनी पंचायत और सराहां इलाके में पार्टी प्रत्याशी गंगू राम मुसाफिर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया इस दौरान विधायक धनीराम शांडिल सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे

इसके अलावा मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सोमवार को दशहरा उत्सव के समापन समारोह में भी भाग लेंगे वन मंत्री ने जिले के सभी लोगों से अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के समापन समारोह में भाग लेने की अपील की है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन और आयुर्वेद सहित अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हैं ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इनवैस्टर मीट का प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रही है अग्निहोत्री ने कहा कि पहले से स्थापित उद्योग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं और इनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और केन्द्र सरकार कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं दे पाई है जगत सिंह नेगी इस बीच किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने राज्य सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है रिकांगपिओ में आज उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्य ठप्प पड़े है और विद्युत परियोजनाओं द्वारा पिछले दो वर्ष में प्रभावितों को दी जाने वाली राशि भी लाडा को नहीं दी गई है जगत सिंह नेगी ने कहा कि ऐसे में लाडा द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्य बंद पड़े हैं केलंग स्वच्छता स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लाहौल घाटी के पंजीकृत महिला मण्डलों को महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा

सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को खुला शौचमुक्त बनाए रखना और एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है मानवाधिकार मंच मानवाधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष केसी सडयाल ने प्रख्यात लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह की याद में हो रहे लिटफैस्ट में हिमाचली संस्कृति और साहित्य का उल्लेख न किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है

सडयाल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश विरोधी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए

इस महानाटी के माध्यम से महिलाओं ने स्वच्छता और पोषाहार को लेकर लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे इस मौके उन्होंने कहा कि कुल्लू की लोक संस्कृति और पारम्परिक वेशभूषा पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है पत्रकारों से बातचीत में गोविंद ठाक्र ने कहा कि कुल्लवी नाटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी है और ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिमका रिकॉर्ड में भी दर्ज है

महानाटी में भाग लेने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखीं और उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्वच्छता और पोषण का संदेश दिया गया

इसकी अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने की

राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश की बड़ी कम्पनियां इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करेंगी कार्यशाला में सफाई कर्मियों सहित नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया स्वच्छता उधर स्वच्छता अभियान के तहत चम्बा के चौगान मैदान में भी आज साफ सफाई की गई इस अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना सभी का दायित्व है और लोगों को जागरूक करने में युवा व स्कूली बच्चे अहम भूमिका निभा सकते हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि सुबह शाम के तापमान में एक से दो डिग्री सैल्सियस की कमी आई है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर पिछले दिनों हुए हिमपात से घाटी में ठण्ड बढ़ गई है

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार भाजपा स्पष्ट नीति मज़बूत नेतृत्व और विकासोन्मुखी नीतियों वाली पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में महिला मण्डलों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महानाटी के माध्यम से दिया स्वच्छता व पोषण का संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत सोलन में कार्यशाला का आयोजन